इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जायेगा राज्यपाल नई सरकार से सदन में बहुमत सिद्व करने को कह सकते है इससे पहले कल विधानसभा में जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस की गठबंधन सरकार विश्वास मत हासिल करने में विफल रही

राजनीतिक उथल पुथल के बीच एच डी कुमार स्वामी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है

विधेयक में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ज्यादा जुर्माने वाहन बीमा और सड़क सुरक्षा से संबंधित कई प्रावधान शामिल हैं

इसके अलावा शराब या इग्स लेकर ड्राइविंग करने पर अधिकतम जुर्माना दो हजार रूपये से बढाकर दस हजार रूपये किया गया है इस विधेयक में सड़क द्र्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को एक घंटे के अंदर बिना नकदी इलाज उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था है

इन विधेयकों पर हुई बहस का जवाब देते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कल राज्यसभा में कहा कि सरकार ने नए भारत के निर्माण को ध्यान में रखकर कर प्रावधानों में परिवर्तन किए हैं पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर दो रूपये का अतिरिक्त शुल्क लगाये जाने को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति की दर पिछले पांच वर्षों के अपने न्यूनतम स्तर पर आ गई है लोकसभा में कल श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर अच्छा माहौल मजदूरी तथा बोनस जैसी कई सुविधाओं को ज्यादा बेहतर बनाने के प्रावधान संबंधी दो विधेयक पेश किए गए

यह श्री मोदी के दुसरे कार्यकाल में इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी होगी ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जायेगा

वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय उन खबरों के मद्देनजर लिया गया है जिनमें बताया गया है कि कुछ करदाताओं को विभिन्न कारणों से अपने आयकर रिटर्न दाखिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है अब निर्धारित तारीख तक टैक्स जमा न करने वालों को भारी नुकसान उठाना पड सकता है विधानसभा में पूरक प्रश्नों को लेकर अध्यक्ष और विपक्षी दल भाजपा सदस्यों के बीच गतिरोध कल भी जारी रहा हालांकि अध्यक्ष डॉ सी पी जोशी ने सत्र शुरू होने से पहले सभी दलों के नेताओं को बुलाकर सदन के सभी नियमों की पालना का हवाला दिया इसके बावजूद इसमें प्रतिपक्ष के उपनेता और अध्यक्ष के बीच बहस हुई जिसके चलते कोई सर्वसम्मति नहीं बनने के कारण भाजपा सदस्यों ने कल भी प्रश्न नहीं पूछे

इनमें पट्टा वितरण सामाजिक सुरक्षा पेंशन और श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ दिलाने तथा महिला शक्ति समूहों के गठन के काम होंगे

श्री पायलट ने कल ग्रामीण विकास और लोक निर्माण की अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देते हुए ये घोषणाएं की श्री पायलट ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में साल में दो बार मनरेगा योजना की सोशल ऑडिट की जायेगी पहले सौ दिन की योजना में हर पंचायत पर पांच कार्य अनिवार्य है

इसमें नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल जलदाय मंत्री बी डी कल्ला और कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया शामिल है ये कमेटी तीन दिन में अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी